श्री शाह ने कहा कि इंटरनैट सेवाएं बहाल करने का फैसला उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की सलाह से और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखर्ते हुए लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि भ्रमण के लिए विदेशी सैलानी भी कश्मीर आ रहे हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेस से संबद्ध अस्पताल सुपर स्पेशिलिटी और कार्डियक सेण्टर का भूमिप्रजन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अस्पताल बन जाने के बाद प्रदेश आधुनिक चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र बन जायेगा जहां पर अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से इलाज की व्यवस्था रहेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विकासयात्रा निरंतर चलती रहेगी इससे पहले मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों के मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाया करते थे लेकिन यह अस्पताल बनने के बाद उन्हें छिंदवाड़ा में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी पीएम आवास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है महापौर चुनाव अदालत जबलपुर उच्च न्यायालय ने नगरपालिक अधिनियम में राज्य शासन द्वारा किये गये संशोधन के खिलाफ दार्खिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है अदालत के इस फैसले से प्रदेश के नगरीय निकायों में चयनित पार्षदों के माध्यम से ही महापौर और अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकेगा याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि राज्य सरकार द्वारा नगरनिगम एक्ट में इसके लिए किये गये संशोधन असंवैधानिक है

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात की लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को महात्मा गांधी के सिद्वांतों को पढ़ने तथा समझने और नये युग की चुनौतियों के नवीन समाधान ढूंढने में उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं पिछले सात दशकों से चले आ रहे तब्लीगी इज्तिमा में देश विदेश की मुस्लिम जमातें हिस्सा लेती हैं और इस दौरान इस्लामिक विदवान अपनी तकरीरें पेश करते हैं मौसम उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की वजह से प्रदेश में अगले चौबीस घंटों में सर्दी के बढ़ने के आसार हैं